श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पर्यटन रियल एस्टेट आतिथ्य और एयर लाईस जैसे कुछ क्षेत्रों पर महामारी का बहुत ज्यादा असर पड़ा है उन्होंने बताया कि हालत सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं और आतिथ्य उद्योग बहत जल्द मंदी के दौर से उबर जाएगा वित्तमंत्री ने कहा कि देश में वस्तुओं और यात्रियों के निर्बाध आवागमन पर सरकार जिस तरह से जोर दे रही है उससे अर्थव्यवस्था बहुत जल्द पटरी पर आ जाएगी मंत्रिपरिषद बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रि परिषद की चौथी वर्चुअल बैठक हुई

इसके अलावा बैठक में सीमांकन और मानचित्रण की प्रक्रिया सरल करने के लिए सीओआरएस प्रणाली को मंजूरी दी गई

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अधिक मूल्य के इन नोटों का चलन घट रहा है

यह योजना नागरिकों को कम लागत के मास्क प्रदान करने और महिला उद्यमियों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है जीवन शक्ति योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कोरोना संकट में आत्मनिर्भर बनने की सुविधा प्रदान की है

जुलाई सत्र हेतु प्रवेश आवेदन ऑनलाइन रखा गया हैं

भोपाल में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डा उमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस सत्र में विभिन्न विषयों में पैरास्नातक स्नातक तथा डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के पाठयक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जा रहा है

मलबे में इस घर में रहने वाले परिवारों के महिला और बच्चे दब गए

हालांकि इनमें से दस महीने की बच्ची और एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम की मदद से देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ

इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यो को समयसीमा में पूरा करने के आदेश दिये